महिला और बाल विकास सचिव राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि नियोक्ताओं को इस वेतन के लिए दी जाने वाली धनराशि श्रम कल्याण उपकर निधि में जमा राशि में से दी जायेगी

प्रेस दिवस आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है इस मौके शिमला स्थित पीटरहॉफ में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर इस वर्ष का विषय है डिजिटल युग में पत्रकारिता आचारानीति और चुनौतियां इस दौरान पत्रकारों द्वारा इस विषय पर परिचर्चा की जाएगी

धर्मशाला में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है दुरदर्शन टावर कुल्लू जिले के बिजली महादेव दियार व बंजार लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर बारिंग और सुमनम में स्थापित द्रदर्शन के कम शक्ति वाले टॉवर आज बंद कर दिए जाएंगे द्रदर्शन अनुश्रवण केंद्र मंडी के सहायक निदेश अनिल क्मार ने बताया कि द्रदर्शन महानिदेशालय द्वारा स्थलीय प्रसारण सेवाओं का युक्तिकरण करने के चलते यह निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि इन टावरों के बंद होने के बावजूद दूरदर्शन चैनल डीटीएच प्लेटफार्म के डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध रहेंगे चीन कम्पनी चीन की एक कम्पनी ने कल शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के समक्ष शिमला शहर के लिए वैकल्पिक स्मार्ट परिवहन व्यवस्था प्रदान करने के संबंध में प्रस्तुति दी कम्पनी ने शहर के लिए मोनो रेल रोपवे लिफट और स्वचालित सीढ़ी के बारे में चर्चा की शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा और परिवहन मंत्री गोविन्द ठाकुर भी मौजूद रहे अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है क्फरी में सीजन का पहला हिमपात मनाली ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर हिमाचल दस्तक के शब्द हैं मनाली नारकंडा कुफरी में पहली बर्फबारी दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है बर्फबारी के बाद हिमाचल में ठंड प्रचंड चार शहरों का पारा शून्य के नीचे आपका फैसला के मुताबिक पहाड़ों पर तीन दिन से गिर रहे फाहे चांदी जैसा निखरा हिमाचल बर्फबारी से निपटने की प्रशासन की तैयारियों को लेकर दिव्य हिमाचल लिखता है इस बार बर्फबारी में भी साथ नहीं छोड़ेगा नेटवर्क जनजातीय व द्र्गम क्षेत्रों में वी सेट के साथ स्थापित किए जाएंगे सेटेलाइट फोन पंजाब केसरी ने खबर दी है हिमाचल की पहाड़ियों में मिला कैंसर की दवा का एंजाइम हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के वैज्ञानिकों ने की खोज

दैनिक जागरण ने केंद्रीय राज्य मंत्री विजय गोयल के हवाले से लिखा है देशभर में तैयार किया जाएगा राष्ट्रीय डाटा वेयरहाऊस जबकि अमर उजाला के शब्द हैं असम की तर्ज पर तमाम राज्यों में बनेगा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर आपका फैसला लिखता है देश के हर आंकड़े के लिए बनेगा राष्ट्रीय डाटावेयर हाउस गुड़िया दुष्कर्म मामले पर अजीत समाचार की सुर्खी है हाईकोर्ट ने मामले की निगरानी करना किया बंद दैनिक जागरण की एक खबर है पूर्व विधायक नीरज भारती पर पंजाब में दर्ज होगा केस सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप चीनी कंपनी हिमाचल में मोनो रेल प्रोजैक्ट को तैयार शीर्षक से खबर को पंजाब केसरी ने प्रमुखता दी है

दैनिक सवेरा टाइम्स ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है किन्नौर तक पहुंचाएंगे रेल लेह तक रेलवे लाइन के सर्वेक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ी अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय जीवन और संघर्ष में आत्महत्या के बढ़ते मामलों का उल्लेख करते हुए इनके निराकरण पर बल दिया है दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय स्टार्ट अप हिमाचल में लिखा है कि हिमाचल में स्टार्ट अप यात्रा का वास्तविक मकसद तब पूरा होगा जब प्रदेश का युवा विचारवान व साहसी जोखिम उठाते हुए पारंपरिक रोजगार के दायरों से बाहर निकल कर दुनिया जीतने की ख्वाहिश से अपना भविष्य चुनेगा